इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य सम्मेलन में अनेक देशों के प्रतिनिधियों सहित व्यापार प्रमुखों विद्वानों जलवायु वैज्ञानिकों और युवाओं के भाग लेने की संभावना है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे

मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी

इस बीच मुख्यमंत्री ने कल विधायक प्राथमिकता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षो में प्रदेश का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है जो किसी कारण से विकास के मामले में पीछे छूट गए थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है जयराम ने बजट के लिए विधायकों से मांगे सुझाव दिव्य हिमाचल का शीर्षक है साल में एक बार जिला स्तर पर भी योजना बैठक विधायक प्राथमिकता बैठक के अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया ऐलान दैनिक जागरण लिखता है बजट में शामिल होंगी विधायकों की प्राथमिकताएं हिमाचल दस्तक के शब्द हैं तोड़ी गई उद्घाटन पट्टिकाएं जल्द रिपेयर करने के आदेश दिए आपका फैसला के मुताबिक विधायकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार होंगी नीतियां ऊना में पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स फर्जीवाड़े पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है एसआईयू ने की जांच शुरू रिकॉर्ड कब्जे में लिया अब होगी पूछताछ पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है उत्तराखंड में फंसे हिमाचली लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी दिव्य हिमाचल का कहना है लापता युवकों ने बढ़ाई सरकार की चिंता दैनिक जागरण की एक खबर है ऑडियो सीडी मामले में चार्जशीट दाखिल बिंदल का नाम नहीं निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा वित्तीय ऑडिट की रिपोर्ट तलब शीर्षक से अमर उजाला लिखता है उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रिंसिपलों को जारी किया पत्र अब होगी कार्रवाई हिमाचल दस्तक के शब्द हैं निजी स्कूलों में ऑडिट की रिपोर्ट तलब उच्च शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को जारी किए आदेश डेमोकेसी हिमाचल ने खबर दी है आईजीएमसी प्रशासन ने नकारे मरीजों के खाने के टैंडर में घपले के आरोप मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों से गर्म हुई शिमला की रातें

नमस्कार